राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के तीन लाख से अधिक पेंशनरों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा मंत्रिपरिषद ने एक जनवरी दो हजार सोलह के पहले के शासकीय पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन की सुविधा यथावत रखी गई है पुनरीक्षित पेंशन पर सातवे वेतनमान में स्वीकृत मंहगाई राहत दी जायेगी पुनरीक्षित पेंशन से चार लाख उनचालीस हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा इससे राज्य शासन पर आठ सौ पचास करोड़ रुपये का वार्षिक भार आयेगा

राज्यपाल वजूभाई वाला ने बैंगलुरु के विधान सौध में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई साथ ही कांग्रेस के जी परमेश्वर उपमुख्यमंत्री बनाये गये एच डी क्मार स्वामी जनता दल एस के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पुत्र हैं शपथग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई दलों के नेता मौजूद थे उधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस यदयिरप्पा ने जनता दल एस के असंतृष्ट नेताओं से भाजपा में शामिल होने का आहवान किया है उन्होंने कुमारस्वामी सरकार के शपथ ग्रहण का विरोध करते हुए काला दिवस मना रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस और जनता दल एस को लक्ष्य बनाते हुए कहा कि कांग्रेसमुक्त कर्नाटक बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का भाजपा में स्वागत है

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विभिन्न मंत्रालयों की उपलब्धियों पर विशेष श्रंखला मोदी सरकार चार साल का प्रसारण कर रहा है आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष डाक्टर राजीव कुमार से भेंट वार्ता प्रसारित होगी आज के कार्यक्रम के विषय हैं देश में आर्थिक सुधार आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डाक्टर राजीव कुमार ने कहा कि भूमि और श्रम क्षेत्रों में तेजी से सुधार से देश की आर्थिक वृद्धि दर में और बढ़ोत्तरी हो सकती है

कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन माणक अग्रवाल ने आज भोपाल में बताया कि श्री गांधी पिछले वर्ष किसानो पर गोलीचालन की पहली बरसी के सिलसिले में श्रद्दांजलि सभा को संबोधित करेंगे गौरतलब है कि पिछले वर्ष पिपल्या मंडी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गोलियां चलाई थी जिसमें पांच किसानों की मौत हो गई थी इसलिए कांग्रेस ने छह जून को पहली बरसी पर श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया है रविशंकर पेट्रोल डीजलों की कीमतों में हो रही वृद्धि के मददेनजर केन्द्र सरकार ने इस समस्या के स्थायी समाधान की बात कही है केंद्रीय विधि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि तेल की लगातार बढती कीमतों को लेकर सरकार भी चिन्तित है उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियां ही कर रही हैं इस समस्या के समाधान पर विचार विमर्श हो रहा है जल्द ही सरकार इसका समाधान करेगी

प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जाएगा

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना को मंजूरी दी है

इस योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिक कर्मकार महिलाओं को प्रसृति की स्थिति में कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति दी जाएगी इससे माता एवं नवजात के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हो सकेगा

इस योजना में दूसरी सूची भी जारी हो चुकी है इसमें ग्राम पंचायत पीपरी को एक सौ पैंतीस आवासों का निर्माण कराना है बालिका गोद अपने निजी स्वार्थो की पूर्ति और स्वयं के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में तो हर कोई काम करता है लेकिन दूसरे के जीवन की बेहतर निर्माण के लिए बहत कम लोग आगे आते हैं लेकिन इटली के डेनियल दम्पत्ति ने गुना जिले की दो लड़कियों को गोद लेकर समाज के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है डेनियल दंपत्ति ने आज जिला अस्पताल में काम कर रहे एक आश्रम की अनमोल और खुशी को गोद लिया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री जयभान सिंह पवैया उपस्थित थे उन्होंने कहा कि डेनियल दंपत्ति ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है और जिला प्रशासन ने भी इसकी तैयारी कर रखी थी पट्टे प्रदेश में नजूल के स्थाई पट्टों के नवीनीकरण के लिए नई नीति निर्धारित की गई है राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने आज भोपाल में बताया कि स्थायी पट्टे के नवीनीकरण एवं शर्त उल्लंघन के शमन लिए जिला कलेक्टर अधिकृत होंगे स्थाई पट्टे के एक वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान कभी भी नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकेगा

स्कूल शिक्षा विभाग की इस योजना में शासकीय और निजी विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड परीक्षा के कक्षा बारहवीं के प्रतिभाशाली बच्चों को लेपटॉप वितरित किये जाते हैं लेपटॉप की राशि विद्यार्थियों के खाते में भेजने के बाद उनके मोबाइल पर एसएमएस किये जाएंगे

रिक्त पदों की जानकारी और आवेदन का प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है

मौसम थैज्ञानिकों के अनुसार भीषण गर्मी और लू का प्रभाव कुछ दिन और बना रहेगा मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू होने पर ही लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने की संभावना है

शिवपुरी जिले में भीषण गर्मी के चलते सौ से ज्यादा ट्यूबवेलों के जलस्तर गिर जाने से पेयजल संकट बढ़ गया है प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से अंधिक दर्ज किया जा रहा है उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में गर्म हवायें चल रही हैं यहां का अधिकतम तापमान तैतालीस डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ है

कार्यशाला में बाँस रोपण को लेकर प्रशिक्षण दिया गया